उनसठ निर्वाचन क्षेत्रो के लिए आज वोट डाले गए इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखंड की तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट के लिए मतदान हुआ निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि पंजाब में साठ उत्तर प्रदेश में करीब तिरपन प्रतिशत पश्चिम बंगाल में पैंसठ बिहार में इक्कावन मध्य प्रदेश में साठ हिमाचल प्रदेश में सासठ झारखंड में उनहत्तर और चंडीगढ़ में पैंसठ प्रतिशत मतदान होने की खबर है सात चरणो में लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश ओडिशा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुआ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती ब्रहस्पतिवार को होगी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने प्रमाणिक और ताजा नतीजे देने के लिए व्यापक प्रबंध किए है देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी पहली बार चालीस घंटे के लिए चुनाव पर लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा

राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिकेन कोयु ने बताया कि दोनो मतदान केंद्रो पर सर्किल ऑफिसर या इसके समकक्ष अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाया जायेगा उन्होंने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पचास जवानों के अलावा राज्य पुलिस और बटालियन के जवानो को मतदान केंद्र और आसपास के इलाकों में तैनात किया जायेगा

राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चार सौ पंद्रह पर जगह जगह नाके स्थापित किये जायेंगे ताकि अपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके

पुलिस ने इनके पास से करीब तीन लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी के आधार पर पुलिस दल ने ईटानगर के विवेक विहार और मोब टू में छापा मारा और मादक पदार्थ के साथ दोनो को गिरफ्तार किया

उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ मठ में पुजा अर्चना की बाद में संवाददाताओ से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रकृति पर्यावरण और पर्यटन को ध्यान में रखने के अलावा आस्था और श्रद्धा को भी बरकरार रखना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन और रोजगार दोनो आपस में जुड़े हुए है और पर्यटन स्थलों का विकास स्थानीय क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है

गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर राज्य प्रलिस इस मामले की जांच कर रही है उन्होने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश में लगे उग्रवादी गुटों के मंसूबो को कामयाब नही होने दिया जायेगा

जिला प्रशासन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और नागरिक संगठनो के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगो ने नदी की सफाई पौधारोपण और जगह जगह बांस से बने हुए कुड़ेदान स्थापित किए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सतत विकास में नदियों वन और वन्यजीवों के अलावा स्वच्छ वातावरण की भूमिका के बारे में जागरुक करना है

पांच दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में सोलह देशों के दो सौ खिलाड़ी भाग लेंगें इस प्रतियोगिता में भारत के अड़तीस पुरुष और सैतीस महिला मुक्केबाज हिस्सा ले रहे है इनमे एम सी मैरी कॉम और शिव थापा शामिल है एशियाई खेलो के स्वर्ण पदक विजेता बटुरोव बोबो और मिर्जाखलीलोव मीर अजीजबेक भी टूर्नामेंट में भाग लेंगें अट्ठारह श्रेणियों की इस प्रतियोगिता में दस पुरुषो की आठ महिला स्पर्धाए होंगी

आज का अधिकतम तापमान इकत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार